इस वर्ष कोरोना संकट के बीच हो रही महासभा की बैठक अधिकांश रूप से वर्च्अली आयोजित होगी संयुक्त राष्ट्र महासभा के पचहत्तरवें सम्मेलन की थीम है हमारी आकांक्षा का भविष्य और आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षवाद के प्रति सामूहिक प्रतिदद्वता की पुष्टि और प्रमावी बहुपक्षीय प्रयासों से कोविड संकट से निपटना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की उन्हत्तरवीं कड़ी होगी इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा तथा यह हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा यह आकाशवाणी डीडीन्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चौनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के सनबीम इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार बिना मेदभाव के हर वर्ग के लोगों का विकास कर रही है और हर व्यक्ति के घर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का आवाहन किया कि वे अपने ब्थो की जिम्मेदारी लें और क्षेत्र में घर घर जाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में जो कानून बनाया है वह किसानों की आमदनी दुगना करने और उसके हित में है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी इस कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि अब तक वे ही किसानों का शोषण करते आए हैं उन्होंने कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ ही समी फसलों के उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है अब किसान अपनी पैदावार को ओने पौने दाम पर बेचने के लिए विवश नहीं होगा उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर विकासखंड में एक भंडारण गृह बनाया जाएगा जिसमें किसान अपनी उपज को रख सकता है प्रदेश सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि इससे मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में बढोतरी होगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज विश्व गर्मनिरोधक दिवस के अवसर पर राज्य में परिवार नियोजन से संबंधित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राज्य के सभी जिलों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीमें आम लोगों खासतौर पर युवाओं के बीच परिवार नियोजन को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए कैंप आयोजित कर रही हैं राज्य सरकार ने कहा है कि हर महिला और युवती को उसकी पसंद का गर्भ निरोधक चूने जाने की सहूलियत होनी चाहिए आज खास तौर पर विश्व गर्भ निरोधक दिवस के दिन या किसी भी अन्य दिन राज्य सरकार सुरक्षित और स्वैच्छिक परिवार नियोजन सुविधा सेवा आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है विश्व गर्भ निरोध निरोधक दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक सेमिनार के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर लाभार्थी को सभी गर्भ निरोधक सेवाओं को मुहैया कराए जाने के आदेश दिए हैं

पिछले चौबीस घंटे के दौरान तिरान्नबे हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि अब तक अड़तालिस लाख उन्नीस हजार से अधिक मरीज कोरोना से मुक्त हो चुके हैं कोरोना संक्रमित लोगों के निरंतर स्वस्थ होने से देश में रोगियों की संख्या निरंतर कम हो रही है और अब कुल संक्रमित लोगों में से मात्र सोलह दशमलव दो आठ प्रतिशत रोगियों का उपचार चल रहा है देश में कोविड से मृत्यु दर वर्तमान में एक दशमलव पांच आठ प्रतिशत है जो विश्वभर में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र के फुटहिया फ्लाईओवर के पास आज भोर में एसएसबी के दो जवानों की मार्ग दुघर्टना में मृत्यु हो गई पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों जवान लखनऊ में तैनात थे और बाइक से सवार होकर गोरखपुर आ रहे थे फूटहिया फ्लाई ओवर के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए दोनों को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचा गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया